राज्यपाल आनंदी बेन पटेल राजभवन में आयोजित एक समारोह में कुछ देर बाद विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलायेंगी

हालांकि औपचारिक तौर पर नामों का एलान नहीं किया गया है सूत्रों के मुताबिक पार्टी के वरिष्ठ विधायक डाक्टर गोविंद सिंह आरिफ अकील बूजेन्द्र सिंह राठोर सज्जन सिंह वर्मा बालाबच्चन लखनसिंह यादव विजयलक्ष्मी साधो हुकुम सिंह कराड़ा तुलसी सिलावट गोविंद राजपुत ओंकार मर्काम सुखदेव पासे प्रभुराम चौधरी के नाम शामिल हैं वहीं मंत्रिमंडल में युवाओं को भी तवज्जो दी गई है बताया जा रहा है कि जयवर्धन सिंह जीतू पटवारी का मंत्री बनना तय है अटल जयंती आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है इस अवसर पर प्रदेश में भी उनके कार्यो और व्यक्तित्व पर केन्द्रित कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वहीं प्रदेश में आज से सुशासन सप्ताह भी शुरू हो गया है आगरमालवा से हमारे संवददाता ने बताया है कि इस दौरान स्कूल महाविद्यालयों में पर्यावरण ऊर्जा पानी बचाव और स्वस्थ समाज जैसे सुशासन में सहायक विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित की जायेंगी वहीं शासकीय कार्यालयों के अभिलेखों को व्यवस्थित किये जाने के साथ ही साफ सफाई आदि कार्य भी किये जायेंगे भोपाल में अटलबिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय का सातवां स्थापना दिवस भी आज मनाया जा रहा है इस मौके पर अटल जी की रचनाओं पर व्याख्यान का आयोजन किया गया है किसमस किसमस का पर्व आज हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है

किसमस पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर गिरजाघरों को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया है बीती रात गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में उन्होंने कहा कि क्रिसमस एक खुशियों भरा अवसर है जो हमें दया क्षमा प्यार और सहानुभूति के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रदेशवासियों को किसमस की बधाई दी है हैरिटेज ट्रेन इंदौर के निकट महू से कालाकुंड के बीच पश्चिम रेलवे की पहली हैरिटेज ट्रेन का शुभारंभ आज महू से हुआ इस ट्रेन से पर्यटक महू के आगे मीटर गेज ट्रेक पर पातालपानी और कालाकुंड तक प्राकृतिक छटाओं और खूबसूरत वादियों का आनंद ले सकेंगे ट्रेन में दो कोच चेयर कार और एक कोच स्लीपर का है ट्रेन में यात्रियों के लिए चाय काफी और नाश्ते के भी इंतजाम किया गया है

यहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर दुरन्तो एक्सप्रेस को आज शाम हरिझंडी दिखाकर रवाना करेंगे

जिससे दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया